कल नई दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत में केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि लाभार्थी इस साल सितंबर तक मुफ्त सिलेंडर का लाभ उठा सकते हैं

कल शिमला में पर्यटन विभाग की समीक्षा बैठक में उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा पर्यटन इकाइयों के डिमांड चार्जिज माफ करने के अलावा अन्य पर्यटन राज्यों की तर्ज पर हिमाचल को पर्यटकों के लिए मानक संचालन प्रक्रिया के सख्त पालन के साथ खोलने का निर्णय किया है

इस बीच पुराना कांगड़ा के त्रिगर्त दिव्य योग आश्रम के विद्यार्थियों ने कल शिमला में मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र से भेंट की मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान आश्रम के विद्यार्थियों ने लोगों को मास्क और सामाजिक दूरी के बारे जागरूक करने के महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है सीबीएसई स्पष्टीकरण केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने स्पष्ट किया है कि मीडिया में जिन पाठ्यक्रमों को हटाए जाने की खबरें आ रही हैं उन्हें या तो संशोधित पाठ्यक्रम में अथवा एनसीईआरटी के वैकल्पिक शैक्षिक कैलेंडर में शामिल किया जा रहा है सीबीएसई ने एक बयान में बताया है कि एनसीईआरटी का वैकल्पिक शैक्षिक कैलेंडर बोर्ड से संबद्ध सभी स्कूलों में पहले से ही लागू है

बोर्ड ने कहा है कि पाठ्यक्रम में मौजूदा संशोधन का उद्देश्य वर्तमान स्वास्थ्य आपात स्थिति और शिक्षण अंतराल दूर करने को ध्यान में रखते हुए विद्यार्थियों पर परीक्षा बोझ कम करना है

एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर कोरोना महामारी से जुड़ी खबर को समाचार पत्रों ने आज प्रमुखता से प्रकाशित किया है

दैनिक भास्कर ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के हवाले से लिखा है होटलियर्स की मर्जी वो होटल खोलें या नहीं सरकार नहीं डालेगी दबाव हमारे यहां पर्यटकों के लिए सख्त गाइडलाइन जबकि दिव्य हिमाचल का शीर्षक है हिमाचल को फेवरिट टूरिस्ट डैस्टिनेशन बनाएंगे दैनिक सवेरा टाइम्स के शब्द हैं क्यारीघाट में स्वदेश दर्शन योजना के तहत बनेगा सम्मेलन कक्ष हिमाचल दस्तक और पंजाब केसरी की लगभग एक जैसी सुर्खी है शिल्प और पर्यटन मेले करेगा प्रदेश